फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि यह इतिहास का स्वर्णिम पृष्ठ है और यह तारीख हमे आगे बढने का संदेश देती है प्रधानमंत्री ने कहा कि न्यायालय के इस फैसले को विविधता में एकता की नजीर के तौर पर देखा जाना चाहिए

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अयोध्या में राम जन्मभूमि मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है उन्होंने विश्वास जताया कि यह ऐतिहासिक निर्णय देश की एकता अखंडता और महान संस्कृति को और बल प्रदान करेगा कांग्रेस पार्टी ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि पार्टी राम मंदिर के निर्माण के पक्ष में है इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी प्रतिकिया में कहा कि देश को न्यायालय के इस फैसले का सम्मान करना चाहिए उन्होंने लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की अजमेर में विश्व विख्यात सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह के दीवान जैनुअल आबेदीन ने अयोध्या विवाद पर आये उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह निर्णय देश हित में है यह फैसला आने के बाद राज्य में बीकानेर के मुस्लिम युवाओं ने अनूठी मिसाल पेश करते हुए शहर में राहगीरों को गुलाब भेंट करके कौमी एकता का संदेश दिया

यह गलियारा पाकिस्तान में स्थित गुरूद्वारा दरबार साहिब को पंजाब के डेरा बाबा नानक से जोड़ता है

इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विदेश राज्यमंत्री वी मुरलीधरन ने कहा कि संस्कृत देशभर में बड़े पैमाने पर जन समुदाय द्वारा उपयोग में लाई जाती है सरकार ने बाजार में प्याज की कीमतों पर नियंत्रण के लिए एक लाख टन प्याज के आयात का निर्णय लिया है एक ट्वीट संदेश में खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने बताया कि भारतीय धातु और खनिज व्यापार निगम से प्याज का आयात करने को कहा गया है आयातित प्याज की देशभर में आपूर्ति के लिए नेफेड को भी निर्देश दिया गया है

प्रत्याशी घर घर जाकर मतदाताओं से सम्पर्क कर रहे है